शिमला में आज स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रथ यात्रा प्रदेश के लोगों में अपनत्व की भावना पैदा करेगी

भेंट मण्डी जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाल वर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि पाल वर्मा के नेतृत्व में मण्डी जिला विकास के नये आयाम स्थापित करेगा उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए समर्पण की भावना से काम करने का आहवान किया उधर चंबा में भाजपा समर्थित सदस्य नीलम कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष और हाकम राणा को उपाध्यक्ष चुना गया चंबा में आज उपायुक्त दुनीचंद राणा की अध्यक्षता में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हुआ इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि जिला परिषद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की भारी जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने जयराम सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया है इस बीच राजनीति के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भाजपा समर्थित रमेश बराड़ अध्यक्ष और स्नेह लता परमार उपाध्यक्ष चुने गए हैं वीरेन्द्र कंवर राज्य सरकार ऊना जिले में ब्रह्मोती मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ब्रहमोती में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बताया कि इस इलाके को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने चंगर पंचायत में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री लोकभवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कल लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को पहली बार इतना बड़ा बजट मिला है जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कांति आएगी खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और कृषि क्षेत्र को भी बजट में विशेष स्थान मिला है उन्होंने कहा कि इन बजट प्रावधानों से हर क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी सुक्ख इस बीच कांग्रेस विधायक व पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट को हिमाचल के लिए निराशाजनक बताया है उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को कुछ भी नहीं मिला है जिससे प्रदेशवासी मायूस है सुक्खू ने कहा कि केन्द्र सरकार में हिमाचल का प्रतिनिधित्व होने और चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने के बावजूद केन्द्रीय बजट में हिमाचल की अनदेखी हुई है उन्होंने कहा कि सिरमौर का हाटी समुदाय लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा है लेकिन बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचातीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से एकजुट होकर काम करने का आहवान किया है हमीरपुर जिले के बमसन व बीझड़ ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों ने आज प्रेम कुमार धूमल के निवास पर उनसे मुलाकात की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बमसन पंचायत समिति में भाजपा समर्थित अनेक सदस्यों ने भारी मतों से जीत हासिल की है और ऐसे में लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है

राज्य में आज अभी तक कोरोना के सात नए मामले आए हैं

कोरोना मुक्त इस बीच लाहौल स्पिति जिला प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है जिले में इस समय कोरोना का कोई भी सकिय मामला नहीं है उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि लोगों के सहयोग से ही जिला कोरोना मुक्त बना है लेकिन अभी भी कोरोना नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और कांग्रेस कमेटी के सह सचिव व प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार मंहगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि के लिए कम धनराशि का प्रावधान किया गया है

कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल तक अनाधिकृत रूप से वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है

मौसम मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में मौसम के करवट लेने की संभावना जताई है जिसके तहत उपरी इलाकों में हिमपात और निचले भागों में वर्षा के आसार हैं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कल तीन व चार फरवरी को राज्य में वर्षा व हिमपात हो सकता है इसके अलावा राज्य के निचले स्थानों पर अगले दो दिन गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है मण्डी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने जिले के कई स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की संभावना को देखते हुए लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों और नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है इस बीच राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य के नीचे दर्ज किया जा रहा है